अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से झारखंड आने वाले मजदूरों के लिए राज्य सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है मनरेगा में नयी गाइडलाइन को जल्द लागू किया जायेगा वे कल झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के सांसदों तथा विघायकों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों और मजदूरों तथा छात्रों की घर वापसी के लिए बनाई गई रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर फंसे लोगों को पूरी सतर्कता के साथ वापस लाया जायेगा उन्होंने श्रमिक से अपना धैर्य बनाये रखने की अपील की श्री सोरेन ने बताया कि इसके लिए सरकार ने नोडल पदाधिकारियों को नियुक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपायी आपदा प्रबंधन के तहत की जायेगी उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चो का टीकाकरण न रूके और बुजुर्गों का विशष ख्याल रखा जाये आवागमन केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य माल वाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना जरूरी है

वहीं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ि में तीन नये मरीजों की पुष्टि की गयी

संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब तैंतीस हजार छह सौ दस पर पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले चौदह दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में अड़सठ लोगों की मौत हुई है देश में कुल मौत का आंकड़ा एक हजार पचहत्तर पर पहुंच गया है वहीं छह सौ ं तीस लोग स्वस्थ भी हुए हैं फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर ग्यारह दिन हो गई है

फिलहाल तेइस हजार छह सौ इक्यावन लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य सचिव झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि ऑरेंज जोन के जिलों में इक्कीस दिनों तक एक भी कोरोना संकमण का मामला नहीं मिलने पर ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया जायेगा वे कल प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना महामारी से निपटने के तैयारियों की जानकारी दे रहे थे उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को संकमण के आधार पर रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन जारी किया है झारखंड के रांची को रेड जोन और नौ जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है

राज्य के तीन मेडिकल संस्थानों में भी लैबोरेट्री का निर्माण कराया जा रहा है जो जल्द ही तैयार हो जाएगा इसके साथ ही आईसीएमआर द्वारा कृष्ठ निजी जांच घरों को अनुमति देने की प्रकिया जारी है जहां लोग स्वयं अपना टेस्ट करवाना सकते हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य में जांच किट की कमी नहीं है सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के बार मे मिल रही शिकायतों के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने समी अस्पतालों को चिकित्सा परामर्श देने में कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया है स्पेशल स्टोरी खूंटी खूंटी जिले में जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के समय आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री को सुगम बनाने के लिए बाजार मोबाईल एप की जानकारी लोगों को दी जा रही है

इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जायेंगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में विस्तृत ब्यौरा जल्द जारी किया जाएगा मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का तीन मई तक संख्ती से पालन किया जाना चाहिए

राममनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉक्टर देश दीपक इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिये जा सकते हैं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

खनिजों के उत्पादन और देश में ही उनके प्रसंस्करण के मामले में आत्म निर्भरता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपना काम काज अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा उन्होंने इस बारे कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने खनन क्षेत्र में कार्य कुशलता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का आहवान किया बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी को व्यापक प्रकिया व्यापक और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर भीड़ एकत्र होने की शिकायत पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी जिसमें दो दर्जन लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई उन्होंने कहा कि जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और घरों में रहना अत्यंत आवश्यक है हमला साहिबगंज मंडलकारा के कक्षपाल को बीती रात अपराधियों ने आजाद नगर में गोली मारकर घायल कर दिया गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है कक्षपाल रजनीश चौबे गढ़वा जिले के निवासी हैं हमारे संवाददाता ने बताया किएसपी के गोपनीय शाखा से पत्र देकर जब वे लौट रहे थे तभी रास्ते में अपराधियों ने उन्हें गोली मारी साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजा कुमार मैत्रा मामले की छानबीन कर रहे हैं

दुनियामर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है देश और दुनिया के विकास में मजदूरो की भूमिका महत्वपूर्ण है मजदूर दिवस कीशुरूआत एक मई अठारह सौ छियासी में हुई थी दुनिया के कई देशों में आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर देशभर में लॉकडाउन है इसलिए मजदूर दिवस से संबघित सभी कार्यक्रम पहले से ही स्थगित हैं इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने श्रमिक बंधुओं कोशुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि राज्य सरकार मजदूरो के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

दोनों घायलों को सोनाहातू अस्पताल में भर्ती कराया गया है कुछ ग्रामीणों ने आक्रोश में भालू को मार दिया

इस अवसर पर उपायुक्त वरुण रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया